फसल विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा पर आधारित इस कार्यशाला का मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर शुभारंभ करेंगे इस दौरान कृषि को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के कृषि विशेषज्ञ इन देशों में जायका के तहत मौजूदा व भविष्य की परियोजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज से श्रू हो रहा है

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य परजीवी कृमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को क्रमिरहित करना है

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जीओवी पर लिख सकते हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और अच्छी धूप निकलने से लोगों ठंड से राहत मिली है

शिमला को स्मार्ट बनाने में मदद करेगा रांची शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है धर्मशाला शहर को संवारने में सहयोग करेगा पुणे

दिव्य हिमाचल की एक खबर है ऊना में जनता का नाका अवैध खनन के खिलाफ खोला मोर्चा ईसपुर में दो ओवरलोडेड टिप्पर पकड़े

मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है कल से हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार